आज विश्व पर्यावरण दिवस है इस अवसर पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ईद उल फित्र का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहत महत्वपूर्ण हैं और इसे बनाये रखना चाहिए

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चैनलों से बहुत आगे है प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी समारोह में मौजूद थे गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी मौजूद थे बैठक में बढ़ती कीमतों के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया

श्री मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद संचालन परिषद की यह पहली बैठक होगी

वायु सेना विमान की तलाश में सेना नौसेना और अन्य एजेंसियों का सहयोग ले रही है

श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में परिवहन भवन के स्वचालित कार पार्किंग में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से निर्मित रूफ टॉप कैफे का उद्घाटन करते हुए यह बात कही

उन्होंने कहा कि देश में सडकों के निर्माण और निर्मित सडकों के नाप के पैमाने को नहीं बदला गया है

आज विश्व पर्यावरण दिवस है इस मौके पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम किये जा रहे है जयप्र में इस अवसर पर रन फोर एनवायरमेंट रैली का आयोजन किया जा रहा है सीकर में भी इस मौके पर वन विभाग और स्काउट और गाईड की और से पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई वहीं बांसवाडा में भी दौड का आयोजन किया गया जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गणमान्य लोगों ने भाग लिया उधर धौलपुर में इस मौके पर वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिये अधिक से अधिक पेड लगाने का आहवान किया

ईद का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर लोग सुबह से ही गले लगकर ईद की मुबारकबाद दे रहे है डूंगरपुर जिले में आज घाटी से एक जुलूस निकाला जायेगा जो ईदगाह मस्जिद तक जायेगा उसके बाद वहां सामुहिक नमाज अदा की जायेगी बीकानेर में बडे ईदगाह मस्जिदों सहित गंगाशहर रोड स्थित ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की जा रही है

सीकर में भी ईद पर्व पूरे जिले में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर सुबह ईदगाह में लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन चेन की दुआ मांगी

स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत यह स्वच्छता सर्वेक्षण अगले साल जनवरी और फरवरी में होगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के कुलपतियों को पत्र लिखकर समय सीमा के भीतर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है

पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

यह शराब हरियाणा और पजांब निर्मित है विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय किकेट टीम आज अपने अभियान की शुरूआत करेगी भारत का मुकाबला आज दोपहर तीन बजे से साउथैम्प्टन में दक्षिण अफ्रीका से होगा दक्षिण अफ्रीका की टीम ॅविश्वकप में अपने शुरूआती दोनो मैच हार चुकी है

वहीं पेयजल संकट भी बढ़ता जा रहा है इसके साथ लू चलने से लोग बेहाल हो रहे हैं और शहरों में दोपहर में सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं

चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है